पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी

बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री मनस्ख मंडाविया ने बताया कि मंत्रिमंडलीय समिति ने पारादीप बंदरगाह पर पोतों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निर्माण संचालन और हस्तांतरण के आधार पर पश्चिमी गोदी के विकास सहित बंदरगाह स्विधा को भी मंजूरी दे दी है इस परियोजना पर तीन हजार चार करोड़ रुपये की लागत आयेगी इससे कोयला और चूना पत्थर के आयात और इस्पात उत्पादों के निर्यात की आवश्यकताएं प्री होंगी

सरकार ने जमीन से हवा में मार करने वाली स्वेदश निर्मित आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश में कृष्णा पट्टनम औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में त्माक्रू औद्योगिक क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब तथा मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए आधारभूत उपकरणों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है

उन्होंने बताया कि इन तीन देशों में भारतीय द्रतावास खोलने से इनके साथ भारत के साथ राजनयिक संबंध बढेंगे और दविपक्षीय व्यापार निवेश तथा आर्थिक संबंधों को बढावा मिलेगा

उन्होंने इस अभियान में शामिल एन डी आर एफ के सदस्यों को भी सम्मानित किया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक निनोंग इरिंग और लोम्बो तायेंग ने जल शक्ति मंत्री से सियांग नदी में जल स्तर बढ़ने से प्रतिवर्ष बाढ़ और भ्रमि कटाव से प्रभावित होने वाले इलाको की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बारहमप्त्र बोर्ड सियांग और अन्य सहायक नदियों के जल प्रबंधन और इन इलाको की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी रणनीति के साथ योजनाओ पर अमल कर रहा है उन्होंने लोगो से नदियों के जल को स्व बनाए रखने का आहवान किया

दूर दराज में रहने वाले किसानों को सरकार की कृषि योजनाओ के बारे में जागरुक करने के लिए एन आर सी याक दिरांग प्रचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहा है ताकि प्रत्येक किसान को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सही जानकारी मिल सके

श्री कोविंद ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की स्रक्षा और हित में कागज और संपर्क रहित प्रक्रिया के जरिए सरकारी कार्यालयों में कामकाज के नए उपाय भी तलाशे जानें चाहिए